पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि पुलिस ने आम लोगों की प्रतिभा को सामने लाने के लिए प्रतियोगिता शुरू की है इसमें प्रायोजकों के रूप में स्थानीय संस्थानों को साझेदार बनाया गया है विजेताओं को पुलिस मित्र के रूप में काम करने का मौका देने के अलावा गिफ्ट हैम्पर्स और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा

एक आदेश में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि निर्देशों की पालना नहीं होने की स्थिति में अस्पताल संचालकों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है श्री सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान यह देखा गया है कि कुछ निजी अस्पतालों ने सामान्य ओपीडी आईपीडी सहित आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी हैं इससे मरीजों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है

मंत्रालय ने लॉकडाउन पर व्यापक दिशा निर्देश जारी किये हैं गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतरराज्यीय और किसी राज्य के भीतर सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को लाइसेंसधारक एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ आने जाने की अनुमति है मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार माल उठाने अथवा डिलीवरी के बाद वापसी के समय खाली ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को भी आने जाने की अनुमति होनी चाहिए आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों को रोका नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इन वस्तुओं की किल्लत हो सकती है मंत्रालय के अनुसार कंपनियों के गोदामों को भी परिचालन की छूट दी जानी चाहिए

गरीब कल्याण पैकेज के तहत जनधन खातों में राशि हस्तांतरित की गई है

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं

आज ही के दिन सिख पंथ के दसवें गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की नींव रखी थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को वैसाखी के पर्व की शुभकामनाएं दी है